इस बैठक में मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा की जाएगी आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के आगामी चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों से मतदाता सूचियों में त्रुटिहीनता पारदर्शिता और समावेशिता में सुधार लाने के उपायों पर राय मांगी है बैठक में राजनीतिक दलों और विधानसभा परिषद चुनाव के लिए खर्च सीमा तय करने सम्बंधी मुद्दों पर विचार किया जायेगा राजनीतिक दलों के संगठनात्मक ढाचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपनाये जा सकने वाले उपायों पर आयोग सुझाव आमंत्रित करेगा दिव्यांग जनों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते राजनीतिक दलों के विचार और फीडबैक पर चर्चा की जायेगी

सस्ती सौर ऊर्जा के लिए क्षमता निर्माण में भारतवंशियों की भूमिका संबंधी प्रवासी भारतीय पैनल के सदस्यों ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें पिछले दो दिन की चर्चा के परिणामों से अवगत कराया

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

राज्यपाल का संदेश दूरदर्शन के डीडी राजस्थान चैनल और आकाशवाणी के प्रदेश के सभी केन्द्रों से प्रसारित होगा

दो समुदाय के बीच पथराव और आगजनी की घटना के बाद कल केप्यू लगा दिया गया था क्षेत्र में गुरूवार को कावड यात्रा पर पथराव की घटना के बाद कस्बे में तनाव बना हुआ था पुलिस महानिरीक्षक बीजू जार्ज जोसफ ने मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया

जल संसाधन विभाग के अनुसार पंजाब से नहरों में आने वाले पानी में उतार चढ़ाव को देखते हुए नहरों के वरीयताक्रम में बदलाव किया जा सकता है

पुलिस पकड़े गए सटोरिए से पूछताछ कर रही है

राज्य की सीमा में संचालित सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में तथा जयपूर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित सभी श्रेणी की बसों में महिलाएं और बालिकाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी